प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति सीसीईए की बैठक में यह निर्णय किया गया

संवाददाताओं से बातचीत में संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड की स्थिति में सुधार लाएगी इसके लिए बीएसएनएल और एमटीएनएल का विलय किया जाएगा

इसके लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है

बैठक में पुलिस महानिदेशक कानून और व्यवस्था एम एल लाठर गृह सचिव एल एन मीना पुलिस महानिरीक्षक कानून और व्यवस्था हवा सिंह घुमरिया आयोग के उपसचिव अशोक जैन सहित कई अधिकारी मौजूद थे बैठक में निकाय चुनाव के दौरान कानून और व्यवस्था की स्थिति आमचुनाव के लिए पुलिस बल की उपलब्धता पुलिस बलों को नियोजित करने के लिए कार्य योजना के संबंध में विचार किया गया

ऐसे में प्रदेश के करीब चार हजार तीन सौ पेट्रोल पम्पों पर पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा है

कई जिलों से हमारे संवाददाताओं ने बताया कि वर्तमान में चल रहे रबी फसल कार्यों के लिए डीजल न मिलने से किसानों को भारी परेशानी हुई

इस कार्यक्रम में स्वय सहायता समूहों युवाओं और शिक्षित बेरोजगारों को ऋण उपलब्ध करवाया गया इस दौरान आम लोगों को कृषि और रोजगार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी गई

झालावाड जिले के गंगधार क्षेत्र के कोल्वा गुर्जर गांव में सुबह चाय बनाते समय गैस सिलेण्डर में आग लग गई हादसे में चार बच्चों सहित छह लोग झुलस गये घायलों को चौमहला सामुदायिक स्वास्थ्य कोन्द्र में भर्ती कराया गया जहां से उन्हें झालावाड अस्पताल भेज दिया गया एक अन्य हादसे में बाडमेर जिले के बालोतरा बाईपास के पास गोचरिया क्षेत्र में गैस सिलेण्डर फटने से तीन लोग झुलस गये

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर्यटन मंत्री विश्वेन्द्र सिंह और विधायक नरपत सिंह सहित कई जनप्रतिनिधियों ने शेखावत के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्वांजलि दी

गांगुली को बी सी सी आई की महासभा में अगले नौ महीने के लिए आधिकारिक तौर पर बोर्ड की अध्यक्षता की कमान सौंपी गई

कल भी सुनवाई जारी रहेगी